प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुदृढ़ आर्थिक बुनियाद के बल पर भारत पिछले चार साल के दौरान समग्र विकास का प्रत्यक्षदर्शी बना है उन्होंने कहा कि पुराने संसाधनों का देशहित में इस्तेमाल किया गया है और उन्हें सही दिशा दी गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ईमानदार और पारदर्शी शासन व्यवस्था स्थापित की है देश में पिछले चार वर्षो में चौतरफा विकास इसलिए संभव हो पाया उन्हीं संसाधनों के रहते सरकार बेहतर काम इसलिए कर पाई क्योंकि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा गया व्यवस्थाओं को सही दिशा की तरफ मोड़ा गया साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनहित में मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने का यह सिलसिला जारी रहेगा आज देश में चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव दिनों दिन मजबूत होती चली जा रही है

श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एक्सपो सेंटर के शिलान्यास समारोह में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत हैं और विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में दस दस खरब डॉलर का योगदान करेंगे

देश दुनिया के बिजनेस लीडर के लिए वो तमाम सुविधाएं होगी जिसकी अपेक्षा वो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से करता है वो अर्थव्यवस्था जो आठ प्रतिशत से अधिक की गति से विकास कर रही है जो आने वाले पांच सात वर्षो में फाइव ट्रिलियन तो अगले एक डेढ़ दशक में टेन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में प्रति वर्ष पांच हजार करोड़ रूपये का निवेश सुनिश्चित करायेगी इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से इस सेक्टर में निवेश करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक पहले उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे वहीं हमारी सरकार में यूपीइन्वेटर्स समिट आयोजित कर लगभग पांच लाख करोड़ रूपये के निवेश के एमओयू साइन किये गये हैं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कई योजनाएं बनाई गई हैं जिसके तहत उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट बौद्ध सर्किट कृष्ण सर्किट और सूफी सर्किट जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की स्थापना की गई है प्रयाग कुम्भ दो हजार उन्नीस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्व का विशालतम अध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम हैं इसमें मकरसंकांति से लेकर महाशिवरात्रि के पर्व तक देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ज़िलों में सौ से अधिक योगा और वेलनेस सेन्टर खोलने की स्वीकृति दी है कार्यकम में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी परमार्थ आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती और एसोसियेशन के अध्यक्ष गिरीश ओबेराय ने भी अपने विचार रखे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

पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में आज प्रदेश भर में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच दसवीं माहर्रम यौम ए आशूरा का जुलूस निकाला गया राजधानी लखनऊ में यह जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट अकबरी गेट नक्खास बिल्लौचपुरा होते हुए दरगाह हजरत अब्बास पहुँचा जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल औरतें छोटे बच्चे नौजवान और बुजुर्ग रंग बिरंगे ताजिये लेकर चल रहे थे इस दौरान अजादारों ने मातम कर कर्बला के शहीदों का पुरसा दिया जौनपुर बलरामपुर अलीगढ़ बरेली आजमगढ़ और मेरठ सहित विभिन्न जनपदों में भी गमगीन माहौल में ताजियों को स्थानीय कर्बलाओं में सुपुर्द ए खाक किया गया

रात भर लोगों ने ज्यारत की

फिरोजाबाद की नई आबादी क्षेत्र कश्मीरीगेट में विभिन्न स्थानों पर कॉच के ताजिए देखने दूरदराज से लोग आये दसवीं मोहर्रम के अवसर पर कई स्थानों पर मजलिसों का भी आयोजन किया गया इस दौरान जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत जनजागरूकता और जनसहभागिता बढ़ाने क लिए पन्द्रह सितम्बर से दो अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चन्द्र मोहन ने बताया कि पार्टी संगठन की ओर से भी स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लेकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता की हमारे सभी मोर्चा सभी प्रकोष्ठ सभी नेता सभी लोग इस अभियान के अन्तर्गत गली गीली गये और जा रहे हैं और वह इस कार्यकम को अपने हाथ में ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का पूरे देश भर में एक स्वच्छता को लेकर की स्वच्छता ही सेवा है इसको लेकर जो अभियान शुरू किया खुद प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए दिल्ली में गये बाबा साहेब अम्बेडकर के स्थान पर गये और वहां जा करके खुद स्वच्छता की आदर्णीय योगी आदित्यनाथ जी स्थान स्थान पर जा करके स्वछता कार्यकम में भाग ले रहे हैं तो हमारे लिये भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता एक संकल्प है और हम इसे सेवा मानते हैं और ये देश की सेवा है और ये लगातार दो अक्टूबर तक का हमने प्लानिंग किया है और सभी जगह यह कार्यकम चल रहा है और सभी इकाईयों में चल रहा है अमरोहा ज़िले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पलौला गांव के पास आज सुबह एक निजी बस के पलटने से पांच लोगों की मृत्यु हो गयी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों को ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है प़लिस के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब संभल से अमरोहा जा रही एक निजी बस का टायर अचानक फट गया टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गयी स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुॅचाया जहां पांच लोगों का मृत घोषित कर दिया गया घायलों का जिले के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है